इस मौके पर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें याद किया जा रहा है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज प्रष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया जिसमें पार्टी के नेताओं ने इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी की जयंती पर ट्वीट कर उन्हें नमन किया है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें एक ट्वीट कर नमन किया है प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी शौर्य गाथा देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी

उन्होंने कहा कि ग्रामीण इस बीमारी को हल्के में ना लें मास्क लगाए और हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना करें मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना संकमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए निजी अस्पताल भी कोविड रोगियों के लिए बैड की संख्या बढ़ाएं और राज्य सरकार की ओर से निर्धारित दरों पर ही इलाज उपलब्ध कराएं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड रोगियों का नियमित रूप से ऑक्सीजन लेवल जांचना जरूरी है इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेशभर के एएनएम स्तर तक के चिकित्साकर्मियों को पहले से ही पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाए हैं अब सभी आशा सहयोगिनियों को भी पल्स ऑक्सीमीटर दिए जाएंगे

वहीं प्रदेश में कोविड संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर घटकर शून्य दशमलव नौ एक प्रतिशत हो गई है

आज विश्व शौचालय दिवस है यह दिन लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने और शौचालय के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत लोगों में साफ सफाई को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व शौचालय दिवस मनाएगा इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे अच्छा कार्य करने वाले सर्वोच्च जिलों और राज्यों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे देश में बुनियादी शिक्षा से वंचित रहे अनपढ़ लोगो को साक्षर करने के लिए पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया जाएगा मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की ओर से राजस्थान सहित अन्य राज्यो में यह अभियान चलाया जाएगा

हनुमानगढ़ जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि साक्षरता समिति के सहयोग से शुरू होने वाले इस अभियान के संचालन के लिए जिला ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों का गठन कर स्वयंसेवी शिक्षकों का चयन किया जाएगा

विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है